मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा केन्द्र और प्रदेश सरकार गरीबों वंवितों पिछड़े वर्गो सहित समाज के समी लोगों के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के कर रही है काम सूचना और प्रसारण तथा खेल मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौर ने कहा खेलों इंडिया कार्यक्रम के शानदार परिणाम अतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देंगे प्रदेश के समी जनपदों में रिक्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत पदों पर चुनाव कराने के लिए अधिसुचना कल हुई जारी प्रधानमंत्री ने बेहतर मोबिलिटी को विकास का वाहक बताया है उन्होंने बेहतर मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और स्मार्ट चार्जिंग सुविधाओं में निवेश पर जोर दिया है नई दिल्ली में वैरिक्क मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव को संबोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मोबिलिटी से आर्थिक विकास को गति मिलती है उन्होंने कहा कि मोबिलिटी के क्षेत्र में रोजगार के भरपूर अवसर है और भविष्य में इन अवसरों में और वृद्धि होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सुविधाजनक मोबिलिटी का अर्थ है सुरक्षित किफायती और समाज के समी वर्गो के लिए सतम परिवहन के साधन उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर देते हए कहा कि निजी संसावनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन को करीयता दी जानी चाहिए क्योंकि इससे वाहनों की मीड़ से मृक्ति मिल सर्कगी श्री मोदी ने कहा कि भारतीय उद्यमी और निर्माता आधुनिक बैटरी टेक्नॉलोजी का विकास कर रहे हैं इससे प्रदूषण रहित और स्वच्छ यातायात के साधन उपलब्ध होंगे और लोगों के जीवन में सुर्घार होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमार्गो के निर्माण की गति दोग्नी हो गई है सुदूर क्षेत्रों के बीच हवाई यातायात की लागत कम करने का प्रयास किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि वास्तव में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि भारत द्वनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है सम्मेलन में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढावा देने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में वर्ष दो हजार तीस तक बिकने वाला हर वाहन विद्यत संचालित होना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के सभी विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और प्रदेश की सरकार गरीबों वंचितों अनसचित जाति अनुसचित जनजाति एव पिछडों सहित समाज के समी वर्गो के विकास के लिए बिना किसी मेदभाव के काम कर रही है वह कल लखनऊ में विखयेस्वरैया सभागार में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित निषाद समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश और समाज की रक्षा के लिए निषाद समाज सदैव समर्पित रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गो को शासन की योजनाओं का लाम बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार लोक कत्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का अब उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग का सम्मान और अधिकार सुरक्षित है श्री मौर्य लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित भुर्जी समाज की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हए कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण ही अगड़े पिछड़े और दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ज़बिन ईरानी ने कल अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान लालगंज स्थित रेल कोच कारखाने का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यो की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की केन्द्रीय मंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले में जनप्रतिनिधियों की बैठक को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ग्राम स्वराज अमियान शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ग्राम पंचायतों को तीन ग्ना अधिक धनराशि दी है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में घर घर शौचालय बनाने के काम में तेजी आई है इस वर्ष जनवरी में शरू किए गए खेलों इंडिया कार्यक्रम के परिणाम राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दिए हैं खेलमंत्री राज्यवर्धन राठौर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सितंबर दो हजार सत्रह से एथलीटों को ओलंपिक पोडियम लक्ष्य के तहत जेब खर्च भत्ता मिल रहा है प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक टास्क फोर्स बैठाई उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एक्सपर्टस हो इस इंड्रस्ट्री के वो एक्सपर्टस चयन करें खिलाडियों का और फ्रिर उन्होंने कहा कि इनकी जो कोविंग है जो देग्न विदेश में आप कराते हैं इनके हवाई ट्रेक्त लोकल ट्रेक्त सब आप कवर करते हैं लेकिन इनका जो जेब खर्च होता है इसको भी कवर करिए

कर्नल राठौर ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिमाओं की सराहना की उन्होंने कहा कि देश के नब्बे प्रतिशत एथलीट ग्रामीण पृष्ठमूमि के हैं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए धन की कभी भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी प्रदेश के समी जनपदों में प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अव्यक्ष जिला पंचायत के रिक्त पदों पर चुनाव कराने के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत के रिक्त पद के लिए पन्द्रह सितम्बर को मतदान कराया जायेगा इन पदों के लिए तेरह सितम्बर को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते है उघर अव्यक्ष जिला पंचायत के रिक्त पद के लिए पच्चीस सितम्बर को चुनाव कराये जायेंगे इन पदों पर नामांकन दाखिल करने की तिथि अट्ठारह सितम्बर है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में होगी पार्टी अव्यव्त अमित शाह पहले सत्र की अव्यक्षता करेंगे जिसमें सनी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वरिष्ठ नेताओं के साथ दोपहर बाद इस बैठक में भाग लेंगे आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देश भर में डेढ लाख स्वास्थ और चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किफायती स्वास्थ विकित्सा सुविवाएं और सबके लिए स्वास्थ बीमा योजना उपलब्ध कराने पर काम कर रही है श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र ने बज़र्गों की स्वास्थ देखनाल की लिए कई कदम उठाए है गहमंत्री ने हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की सराहना की प्रदेश में गिरते भू जलस्तर को सुधारने के लिए पुराने कुंओं तालाबों और परम्परागत जल स्रोतों का मनरेगा के तहत जीर्णोद्वार कराया जायेगा

उन्होंने कहा कि पुराने कुंओं तालाबों और परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्वार कराकर उनके किनारे पीपल जामुन तथा बरगद के पौघे लगाये जायेंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए नीति तैयार की है लेकिन पेयजल परियोजनाओं का संरक्षण जनता की भागीदारी के बिना संमव नहीं है केन्द्र सरकार ने बिजली और वैकल्पिक ईंघन से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला किया है देश में इस प्रकार के वाहनों को बढावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन एसआईएएम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्हॉने बताया कि बिजली चालित वाहनों तथा एथेनॉल बायोडीजल सीएनजी मिथेनॉल और जैविक ईयन का उपयोग करने वाले वैकल्पिक ईयन से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला किया है उपमोक्ता इलेक्ट्रानिक्स और घरेलू उपकरण बनाने वाली प्रमुख कम्पनी हायर अपलायसेंस इंडिया ग्रेटर नोएडा में अपना औद्योगिक संयंत्र स्थापित करेगी हायर कम्पनी ने यहां इफ़ास्टक्वर लगाने के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रूपये का निवेश करने की घोषणा की है